केन्द्र सरकार ने उर्वरक निर्माता कंपनियों से राजस्थान में यूरिया आपूर्ति बढ़ाने को कहा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रेडियो को जन जन से जुड़ा हुआ बताया है और कहा है कि रेडियों मीडिया जगत में सबसे ताकतवर माध्यम है इसलिए उन्होंने मन की बात कार्यक्रम के लिए रेडियो को चुना

श्री मोदी ने कल मनाए जाने वाले संविधान दिवस का जिक्र करते हुए इसके निर्माताओं को याद किया और कहा कि जितने कम समय में हमारे देश का संविधान बनाया गया वह हम सभी के लिए गर्व और गौरतलब करने वाली बात है

उन्होंने कहा कि एक लोक प्रसारक के रूप में प्रसार भारती पर बहत बड़ी जिम्मेदारी है

गोवा में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में कल झारखंड दिवस समारोह के अवसर पर उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय फिल्म महोत्सव राज्यों को अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों के सामने उपलब्धियों और क्षमताओं को प्रदर्शित करने का एक मंच उपलब्ध करायेगा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज अलवर से राजस्थान विधानसभा चुनाव में अपने अभियान की शुरूआत की वे इस समय जनसभा को सम्बोधित कर रहे है इससे पहले मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने अपने संबोधन में कहा कि राज्य के विकास के लिए सबको मिलकर काम करना होगा सभा को सूचना और प्रसारण मंत्री कर्नल राज्यवर्द्वन राठौड़ ने भी सम्बोधित किया श्री मोदी कुल पांच दिन प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में जनसभाओं को सम्बोधित करेंगे कल श्री मोदी भीलवाड़ा बेणेश्वरधाम और कोटा में जनसभाओं को सम्बोधित करेंगे

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल सीकर जिले के फतेहपुर में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा करेगे इधर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का दौरा कल से शुरू होगा वे कल जोधपुर अजमेर जैसलमेर और जालौर जिलों में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे इधर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट का आज झालावाड़ और बांरा में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बाड़मेर पाली नागौर और अजमेर में और मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का अलवर और राजगढ़ के अलावा मलसीसर उदयपुरवाटी और चिड़ावा में जनसभा को सम्बोधित करने का कार्यक्रम है प्रदेश में आम लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करने के उददेश्य से निर्वाचन विभाग द्वारा आज से सरगम सप्ताह की शुरूआत की गई है सप्ताह के दौरान सभी मतदान केन्द्रों पर जागरूकता कार्यक्रम हो रहे है इस सप्ताह का नाम द म्यूजिक ऑफ डेमोकेसी रखा गया है सरगम सप्ताह के सातों दिनों में य्वाओं महिलाओं और दिव्यांगजन को भी ध्यान में रखकर विशेष कार्यक्रम होंगे जिनके माध्यम से अधिक से अधिक मतदाताओं की मतदान में भागीदारी सुनिश्चित की जायेगी

रामनिवास बाग से शुरू हुई रैली को मुख्य निर्वाचन अधिकारी आनन्द कुमार जिला निर्वाचन अधिकारी सिद्वार्थ महाजन और प्रलिस कमिश्नर संजय अग्रवाल ने हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया आनन्द कमार ने कहा कि सप्ताह के दौरान मतदाताओं को जागरूक करने के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रयास किए जाएंगे

जोधपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक ने रेंज के सभी पुलिस अधीक्षकों को आवंटित सीयूजी सिम का उपयोग करने के निर्देश दिए है उन्होंने बताया कि राजकार्य के लिए आवंटित सीयूजी सिम का उपयोग अधिकांश पुलिसकर्मियों द्वारा नहीं किया जा रहा है उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव मेलों त्योहारों और वीआईपी विजिट को ध्यान में रखते हुए अधिकारियों और कर्मचारियों को सिम चालू रखने के निर्देश दिए है केन्द्र सरकार ने राजस्थान में यूरिया आपूर्ति को बढ़ाने के निर्देश दिये है उर्वरक मंत्रालय ने उर्वरक निर्माता कम्पनियों को कहा है कि वह प्रदेश में इस महीने में यूरिया की आवंटित मात्रा की आपूर्ति शत् प्रतिशत सुनिश्चित करें